अब राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व उम्मीदवार केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे

चुनाव आयोग ने इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं

इसके अलावा दाड़ी में एक सहायक मतदान केन्द्र भी स्थापित किया गया है

मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में चार जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने कोतवाली बाजार से युवा मोर्चा की बाईक रैली को भी हरी झंडी दिखाई एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में राज्य सरकार के विकास कार्यो की छाप जनता पर पड़ी है जिसके चलते लोगों का भाजपा की ओर रूझान बढ़ा है उन्होंने कहा कि धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी बड़े बहुमत से आगे बढ़ेगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी ने एकजुटता से प्रयास किए हैं कुलदीप राठौर ने भाजपा पर चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया उन्होंने कहा कि उपचुनाव में आपसी भाजपा की गुटबाजी सामने आई है और पार्टी अपने बागी नेताओं को मनाने में भी विफल रही है मुख्य सचिव प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने शिमला में एक बैठक में कहा कि पर्यटन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए उन्होंने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को साहसिक खेलों की संभावना वाले स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में लोगों में और अधिक जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है

धूमल ने कहा कि विभाग ने समाज के हर वर्ग को सुविधाएं देने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए विभाग बधाई का पात्र है

अभियान प्रदेश के विमिन्न जिलों में समर्थ अभियान के तहत आज लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बचाव के संबंध में जागरूक किया गया रिकांगपिओ में हुई कार्यशाला में सहायक आयुक्त हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि नागरिको को आपदाओं से सुरक्षा व बचाव को लेकर समर्थ बनाने की दिशा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है अभियान के तहत केलंग में प्राधिकरण के समन्वयक अर्शी खान ने कहा कि आपदाओं के समय लोगों को घबराने की बजाय संयम से काम लेना चाहिए हमीरपुर जिले की अमरोह पंचायत में नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाई गई

इसमें हिमालयी राज्यों के अधिकारियों सहित कई अन्य प्रतिभागी भाग लेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों और कस्बों में आपदा जोखिम से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा करना और इन चुनौतियों का हल निकालना है मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम लगातार जारी है खासतौर पर जनजातीय इलाकों में सुबह शाम ठंड का दौर बढ़ गया है केलंग का न्यूनतम तापमान एक दशमलव आठ डिग्री कल्पा का चार डिग्री जबकि मनाली का न्यूनतम तापमान छः डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया